इस दौरान वे आज अटल टनल रोहतांग के उदघाटन की तैयारियों का जायजा लेंगे और लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे इसके बाद अधिकारियों के साथ उनका एक बैठक करने का भी कार्यक्रम है

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है

गृह मंत्रालय ने इस सम्बंध में एक पत्र और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा है उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में प्राप्त अंक और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता के आधार पर किया जाएगा

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरक्षित वर्गो के विद्यार्थियों को निशल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है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

अजीत समाचार और आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है आईटीबीपी बहादुरी से कर रही है राष्ट्र सेवा

रोहतांग टनल के लोकार्पण की खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है मोदी को भेंट की जाएगी थंका पेंटिंग पंजाब केसरी ने लिखा है अटल सुरंग निर्माण पर राज्यपाल की बीआरओ से मंत्रणा

हरबंस सिंह ब्रसकोन बने प्रशासनिक सेवा ऑफिसर ऐसोसिएशन के अध्यक्ष आपका फैसला की खबर है